मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा प्रदेश में कोरोना संकमण की चेन तोड़ना जरूरी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई प्रदेश में कोरोना संकमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में इजाफा अब तक करीब ढाई लाख लोग हुए संक्रमण मुक्त प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चौथे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट कोविड गाइड लाइन की हो रही है पालना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

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के सभी मुद्दों और शंकाओं पर बात करने के लिए तैयार है

बैठक के दौरान श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्द है उन्होंने किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली जारी रहेगा इसलिए किसानों को डरने की जरूरत नहीं है वहीं केन्द्र सरकार द्वारा हाल में लाये गये नये कृषि कानूनों को प्रदेश के किसानों और कृषक उत्पादक संगठनों ने व्यापक हितकारी बताया है राज्य में कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़े किसानों को इनसे फायदा मिल रहा है बूंदी के किसान हनुमान ने बताया कि नए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा मिल रहा है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर और जोधपुर में बढ़ते संकमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि कोरोना संकमण की चेन तोड़ना जरूरी है हैल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर पूरी सख्ती बरती जाए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य नियमों की अनदेखी पर समारोह स्थलों और प्रतिष्ठानों को सीज करने जैसी बड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए है उन्होंने विवाह समारोह बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर नियमों की पालना नहीं होने और हैल्थ प्रोटोकॉल का उल्लंघन होने को चिंताजनक बताया है

श्री गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जिला प्रशासन पुलिस स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम संयुक्त रूप से टीमें बनाकर कार्रवाई करें

आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे एक श्रोता का संदेश आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जनजागरुकता आंदोलन से जूड सकते हैं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

सुबह साढ़े सात बजे से मतदान शुरू हो गया है सर्दी के कारण शुरूआती दौर में मतदान की गति धीमी देखी जा रही है मतदाता शाम पांच बजे तक मतदान कर सकेंगे

आयुक्त पीएस मेहरा ने सभी मतदाताओं से कोविड के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए मतदान करने की अपील की है

बांसवाड़ा जालौर बीकानेर और हनुमानगढ़ की पंचायत समिति क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले जा रहे है हमारे संवाददाताओं ने बताया कि प्रशासन ने कोविड गाइड लाइन के साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं